सुरक्षाकर्मियों को विशेष चौकसी बरतने के निर्देश औरंगाबाद मुजफ्फरपुर मधुबनी और समस्तीपुर में वज्रपात से चार की मौत

पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राईक के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षाकर्मियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है आतंकी हमलों और घुसपैठ की आशंका के मद्देनजर सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है एसएसबी के डीआईजी एकेसी सिंह ने बताया कि आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है इधर केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी बिहार पुलिस को विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिये गये हैं हर थाने को किसी भी तरह की घटना को लेकर पूरी तरह से चौकस रहने को कहा गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान गोपालगंज सीवान जहानाबाद मुजफ्फरपुर भागलपुर गया दरभंगा और सीतामढ़ी सहित कई स्थानों पर बारिश वजपात और ओलावृष्टि होने से जानमाल तथा फसलों को काफी नुकसान हुआ है औरंगाबाद मुजफ्फरपुर मधुबनी और समस्तीपुर में बारिश के दौरान वजपात से एक महिला सहित चार लोगों की मौत हो गयी भोजपूर जिले के तरारी और सहार में वज्रपात की घटना में सत्रह मवेशियों की मौत हो गयी वहीं गया में ऑटो रिक्शा पार्किंग में ठनका गिरने से छह ऑटो रिक्शा पूरी तरह जल गये हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि उत्तर बिहार के कई जिलों में तेज आंधी और पानी से आलू और सरसों की फसल के साथ साथ आम और लीची को नुकसान हुआ है तेज आंधी के कारण जहानाबाद में कई पेड़ गिर गये इधर मौसम विभाग ने आज भी पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकतर हिस्सों में आंशिक रूप बादल छाये रहने और हल्की बारिश की संभावना जतायी है सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालयों में विषयवार आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ केन्द्र सरकार और यूजीसी की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है न्यायमूति उदय यू ललित और इंद्रा बनर्जी की खण्डपीठ ने कहा कि बाईस जनवारी को दिये गये उसके फैसले में ऐसी कोई कमी नहीं पायी गयी है जिसमें संशोधन की आवश्यकता हो केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज प्रदेश में सत्तानवे अरब छब्बीस करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे इनमें उन्हत्तर अरब रुपए की राजमार्ग परियोजनाएं भी शामिल हैं श्री गडकरी छपरा और मधेपुरा में छह हजार नौ सौ तैंतालीस करोड़ रुपए से अधिक लागत की सोलह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे इन दोनों स्थानों पर वे नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत अठाईस अरब छब्बीस करोड़ रुपए की अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे इसके अलावा श्री गडकरी सत्ताईस अरब पचासी करोड़ रुपए लागत की सीवरेज सुविधाओं से जूड़ी चौदह परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे तेल गैस नियामक पीएनजीआरबी ने प्रदेश के इक्कीस शहरों में पाइपलाईन के जरिये रसोई गैस सप्लाई के लिए लाइसेंस जारी कर दिया है जिन शहरों के लिए लाइसेंस जारी किये गये है उनमें अररिया पूर्णियां कटिहार किशनगंज अरवल जहानाबाद बक्सर खगड़िया सहरसा मधेपुरा लखीसराय मुंगेर नवादा भागलपुर मुजफ्फरपुर वैशाली छपरा समस्तीपुर शेखपुरा और जमुई शामिल हैं केन्द्र सरकार ने कैंसर मरीजों को महंगी दवा से राहत दिलाने के लिए तीन सौ पचपन ब्रांड की बयालीस तरह की दवाओं की कीमतों में पचासी प्रतिशत तक कमी करने का निर्णय लिया है इस संबंध में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है घटी हुई कीमतें आठ मार्च से प्रभावी होंगी वहीं डायबिटीज संक्रमण दमा और दर्द निवारक दवाओं के मूल्य को भी नियंत्रित किया गया है लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की बैठक में जिलाधिकारियों को नामांकन और नामांकन पत्रों की जांच संबंधी निर्देश दिये गये साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उम्मीदवारों को अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामले से जूड़े विज्ञापन के प्रकाशन से संबंधित दिशा निर्देश भी दिये गये राज्य सरकार ने बिहार महादलित विकास मिशन घोटाले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक कार्यरत और तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की अनुमति दे दी है इन अधिकारियों में मिशन के तत्कालीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एसएम राजू सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी केपी रमैया रामाशीष पासवान और प्रभात कुमार शामिल हैं इन अधिकारियों पर पांच करोड़ रूपये से अधिक की हेराफेरी का आरोप है सीबीआई ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में दो विशेष सरकारी वकीलों की नियुक्ति कर दी है जांच एजेंसी ने कल दिल्ली के साकेत स्थित विशेष पॉक्सो अदालत में यह जानकारी दी अब इस मामले की दो मार्च से सुनवाई होगी बिहार पुलिस के जवानों को ड्यूटी के दौरान मोबाईल फोन के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गयी है एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने कहा कि यदि कोई पुलिसकर्मी इस आदेश का उल्लंघन करते हैं तो इसे अनुशासनहीनता का मामला माना जायेगा उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेज दिया गया है समाज कल्याण विभाग ने बाल विकास परियोजना कार्यालय में नियुक्त महिला पर्यवेक्षिका का मानदेय बारह हजार रूपये से बढ़ाकर पच्चीस हजार रूपये कर दिया है वहीं सांख्यिकी सहायक का मानदेय आठ हजार रूपये से बढ़ाकर सत्रह हजार रूपये कर दिया गया है इसके साथ ही लेखापाल और लिपिक को अब सात हजार रूपये की जगह पन्द्रह हजार रूपये तथा कार्यालय परिचारी को चार हजार की जगह नौ हजार रूपये प्रतिमाह मिलेंगे मैट्रिक की परीक्षा आज समाप्त हो रही है परीक्षा के छठे दिन कल प्रदेशभर से नौ परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया इसके अलावा सात लोगों को अन्य अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देते हुये गिरफ्तार किया गया पूर्णियां जिले के बीकोठी थाना क्षेत्र के मकुरजान और डिप्रटी पुरेदाहा गांव में पुलिस ने दो मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है इस दौरान भारी मात्रा में निर्मित अर्द्वनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किये गये है मौके से छह लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों द्वारा भारतीय सीमा में प्रवेश और उस पर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई से जुड़ी खबर आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान लिखता है भारत में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के इरादे से घ्रसे पाक विमान खदेड़े एक पाक विमान मार गिराया भारत का मिग इक्कीस क्रैश पायलट पाक के कब्जे में दैनिक भास्कर ने लिखा है पाक सेना द्वारा हिरासत में लिये गये विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी मेजर के सवालों के जवाब देने से दो टूक इंकार किया दैनिक जागरण की सूर्खी है पाकिस्तान के खिलाफ और बड़ी कार्रवाई के मिले संकेत प्रभात खबर लिखता है महागठबंधन में सीटों की संख्या पर लगी मुहर अब औपचारिक एलान का इंतजार आज की सुर्खी है इलाहाबाद बैंक की कैशवैन से अड़तालीस लाख की लूट राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है धन शोधन मामले में ईडी के सामने पेश हये रॉबर्ट वाड्रा

सुरक्षाकर्मियों को विशेष चौकसी बरतने को निर्देश औरंगाबाद मुजफ्फरपुर मधुबनी और समस्तीपुर में वज्रपात से चार की मौत